उन्होंने उम्मीद जताई कि इस धनराशि का सद्पयोग कर समृद्ध प्रगतिशील हिमाचल का निर्माण होगा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

उन्होंने प्रदेश को आर्गेनिक राज्य बनाने पर बल दिया ताकि यहां के उत्पाद विश्व की विभिन्न मंडियों में अपनी पहचान बना सकें

उन्होंने भ्रष्टाचार के खातमे के लिए केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के लोगों के प्रयासों का आभार जताया उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने एक साल में प्रदेश के विकास के लिए ईमानदारी से काम किया है उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की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 इस मौके प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर सुचना व जनसम्पर्क विभाग द्वारा तैयार एक वृतचित्र भी प्रदर्शित किया गया इससे पूर्व धर्मशाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य वरिष्ठ नेताओं सहित राज्य सरकार के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री का पारम्परिक स्वागत किया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 उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के समर्थन के कारण राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा है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

जयराम ठाकर ने प्रधानमंत्री को राज्य के लोगों के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में साफ मौसम के बावजूद लोगों को सुबह शाम कड़ाके की ठण्ड का सामना करना पड़ रहा है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 बर्फबारी से जिले के अंदरूनी मार्गो पर यातायात भी प्रभावित हआ है इधर कल्लू जिले में रोहतांग और मनाली सहित उंचाई वाले इलाकों में आज बाद दोपहर से हल्का हिमपात हो रहा है